केन्द्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ हई एक बैठक में ये जानकारी दी

परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाक्र ने कहा है कि इन बसों से शहर में लोगों को जहां आरामदायक यात्रा सुविधा हासिल होगी वहीं ध्आं रहित इन बसों से बढ़ते प्रदूषण पर भी रोक लगेगी उन्होंने कहा कि खरीदी जा रही बसें केवल आधे घन्टे में ही फुल चार्ज हो जाएगीं विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने युवाओं का आहवान किया है कि समाज व देशहित के लिए महाराजा अग्रसेन द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें बिंदल कल सोलन में अग्रसेन जयंती के अवसर पर आयोजित वार्षिक उत्सव को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन को समाज के समग्र कल्याण के लिए स्मरण किया जाता है नवरात्र शारदीय नवरात्रों के सातवें दिन आज माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की प्रजा अर्चना की जा रही है मान्यता है मां कालरात्रि की प्रजा करने से काल का नाश होता है और इसी वजह से इसे कालरात्रि कहा जाता है नवरात्र पर्व पर प्रदेश के शक्तिपीठों व विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है इस बीच शिमला के काली बाड़ी मंदिर में माँ दुर्गा की स्थापित प्रतिमा का दर्शन के लिये काफी संख्या में भक्तजन आ रहे हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचापत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है हिमाचल में डॉपलर रडार लगाने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमालयी राज्यों में मिलेगी अब मौसम की सटीक जानकारी पंजाब केसरी का शीर्षक है बादल फटने से पहले ही जारी होगा अलर्ट आपका फैसला के शब्द हैं मौसम विभाग हिमाचल में स्थापित करेगा तीन रडार मुख्यमंत्री के हवाले से दैनिक सवेरा टाइम्स ने सुर्खी दी है पांगी में पर्यटन निखारेगी सरकार आपका फैसला के शब्द हैं मानव व मुदा स्वास्थ्य बचाने के लिये प्राकृतिक खेती जरूरी जबकि दैनिक जागरण के अनुसार सीएम के आदेश पर आईपीएच विभाग की धीमी चाल सीएम ने तलब की मित्रा केस की फाईल शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है राजस्व ब्रांच से रिकॉर्ड मांगा विजिलेंस प्रमुख से बात की दिव्य हिमाचल का शीर्षक है पी मित्रा ने तत्कालीन सीएमओ राजस्व मंत्री भी लपेटे दैनिक भास्कर की एक खबर है एचआरटीसी के आरएम भी बना सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस सरकार देगी पॉवर एसडीएम और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की व्यस्तता के चलते बढ़ी पेंडेंसी

कसौली में अढ़ाई मंजिल से अधिक निर्माण पर प्रतिबंध शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है जीवन सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण के लिए एनजीटी का बड़ा फैसला अमर उजाला के मुताबिक स्वीकृत नक्शे से बाहर किया दस फीसदी भवन निर्माण होगा नियमित

राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हवाले से आपका फैसला ने सुर्खी दी है भारत तिब्बत की संस्कृति में अनेक समानताएं

जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल में हांफी मोदी की सांसद आदर्श ग्राम योजना अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय में बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि इन्हें कुपोषण से बचाने के लिये उठाए जा रहे कदमों की समय समय पर निगरानी करना आवश्यक है शीर्षक है बच्चों के लिए हिमाचल दस्तक ने अपने सम्पादकीय गांव में सुधरेंगी स्वास्थ्य सेवाएं में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने पर बल दिया है आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय में भू अधिग्रहण नियमों के तहत प्रभावित परिवारों को समुचित मुआवजा देने की सलाह दी है